कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसान हित में एक नई योजना अपनी गिरदावरी लागू कर रही है

आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रक मांगों का जवाब देते हए संसदीय मामलों के राज्यमंत्री अर्ज्न राम मेघवाल ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा

कमेटी इस वर्ष अक्तूबर तक अपनी सिफारिशें दे देगी केन्द्र सरकार जल्द ही प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानून पर अपने विचार देने के लिए राज्यों को लिखेगी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कानून और आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आई टी सचिव डेटा संरक्षण कानून पर परामर्श के लिए सभी राज्यों के म्ख्य सचिवों का लिखेंगे उन्होंने कहा कि सरकार इस सम्बध में कानून बनाने से पहले विस्तृत विचार विमर्श करना चाहेगी डेटा संरक्षण पर न्यायमुर्ति श्री कृष्ण पैनल ने पिछले सप्ताह इस एक मसौदे कानून बनाये के प्रस्ताव के साथ अपनी रिपोर्ट दे दी है

उन्होंने कहा कि फसलों के लागत मूल्य के लिए फार्मूला तय करने से किसानों में उत्साह है ऐसे में यह धन्यवाद रैली रिकार्ड तोड़ रैली होगी आज गोहाना में एक जनसभा को सम्बोधित करतेहए कृषि मंत्री कहा कि किसानों की मांग थी कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते की तरह किसानों की फसलों के दामों भी बढ़ने चाहिए

उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अब इस फार्मूले से पीछे नहीं हट सकती राजनीतिक दल किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे है उन्होंने कहा कि लागत मूल्य निर्धारण के लागू किया गया फर्मूला सभी फसलों पर लागू होगा हर फसल पर समान रूप से वृद्वि मिलेगी यह कार्य स्वामी नाथन रिपोर्ट से भी आगे बढ़कर किया गया है कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानहित में एक नई योजना अपनी गिरदावरी अपने आप लागू करने जा रही है इसके लिए किसानों को एक फार्म भरवा कर देना होगा जिसके साथ बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड की कापी देनी होगी इसके बाद पटवारी जांच करेगा उन्होंने कहा कि इससे किसानों की गिरदावरी सम्बधी समस्या व शिकायतें दूर हो जायेगी यम्ना नगर में जलस्तर बढने से नदी किनारे बसे गांवों में पानी आ गया है जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने आज थंथरी ग्रवाड़ी इंद्रान नगर सहित अन्य गांवों का जायज़ा लिया तथा ग्रामीणों से सावधानी बरतने व सर्तक रहने की अपील की ग्राम इन्द्रानगर के ग्रामीणों को अच्छेजा गांव के राजकीय प्राथमिक विदयालय में बनाये गये राहत शिविर में भेजा गया है

उन्होंने कहा कि यम्ना का जल स्तर और बढ़ने की संभावना है अब तक उन्होंने नदी के किनारे बसे गांवों से अपील करते हए कहा कि वे स्वयं तथा बच्चों व पश्ओं को तेज बहाव के कारण नदी के निकट न जाने दे

हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि सतल्ज यम्ना लिंक नहर का फैसला हरियाणा के हक में आ च्का है और इस पर यदि ओर राजनीति हई तो न्कसान हरियाणा हो होगा आज पंचक्ला में एक प्स्तक विमोचन समारोह में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एसवाईएल के पानी को लेकर इनैलो द्वारा हरियाणा बंद की चेतावनी पर कहा कि एसवाईएल पर दोनों राज्यों में बहत राजनीति हो च्की है

पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के एसवाईएल मुद्दे पर अलग अलग बयानों बारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अपने अपने राज्यों के हितों की बात हर किसी को करने का अधिकार है

भारी वर्षा के कारण हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा िकएक दिन पानी ज्यादा आया था लेकिन अब कम है और किसी प्रकार की जनहानि या पश् नहीं हई है और जो खेतों में पानी आया है उसके म्आवजे की घोषणा कर दी है

हांसी प्लिस में होने वाली भर्ती से सरकारी खज़ाने को सात करोड़ का भार वहन करना होग उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून में वाहन व्यवस्था बनाये रखने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है साईबर सिटी ग्रूग्राम के न्यायालय परिसर में आज रोड सेफ्टी अभियान शुरू किया गया जिसमें गुरूग्राम के मुख्य सत्र न्यायधीश ने शिरकत की सात अगस्त तक चलने वाले इस अभियान दौरान सभी को हार्न न बजाने और ट्रैफिक नियमों की अन्पालना हेत् जागरूक किया जायेगा इस मौके पर सत्र न्यायाधीश रवि क्मार सोंधी ने कहा कि शहर में रेड लाईट जम्प करने और यातायात नियमों की पालन करने की संख्या लगतार बढ़ रही है और दिल्ली के म्काबले ग्रूग्राम यातयात नियमों की पालना में पीछे है इसके लिए जागरूकता लाकर द्र्घटनाओं की कमी की जायेगी और रेड लाईट पर खड़े होने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या न कम की जा सकेगी यातायात नियमों का पालन न होने की वजह से एक एक रेड लाईट पर पांच से छ प्लिस कर्मी खड़ करने पड़ते है जिसने पुलिस अन्य सुरक्षा कार्यो पर धयान नहीं दे पाती है सिरसा नगर परिषद की प्रधान शीला सहगल आज उनके लिए आये अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार गई है